ग्राम पंचायत और जिला परिषद की आठ हजार चार सौ पचहत्तर सीटों में से छह हजार पांच सौ सीटों पर उम्मीदवारो को निर्विरोध च्ना जा च्का है अब केवल एक हजार आठ सौ तैतालीस सीटों के लिए मतदान होगा इनमें ग्राम पंचायत की एक हजार सात सौ दो सीटें और जिला परिषद की एक सौ इकतालीस सीटें शामिल है ग्राम पंचायत की एक सौ दस सीटों पर उम्मीदवार न होने अथवा एकमात्र उम्मीदवार का परचा खारिज होने के कारण च्नाव नही हो रहे है मौजूदा चरण की च्नावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोग अंतिम निर्णय लेगा राज्य की दो नगरीय स्थानीय निकाय ईटानगर और पासीघाट में अट्ठाईस नगर निगमों के लिए तेईस पर च्नाव किया जाएगा ईटानगर नगर निगम में बीस वार्डो से पांच उम्मीदवारो को निर्विरोध च्ना जा चूका है पासीघाट नगर परिषद के लिए सभी आठ वार्डो के लिए मतदान किया जाएगा राज्य के दो हजार दो सौ उनसठ मतदान केंद्रो मे से एक हजार चार सौ बाहत्तर पर स्थानीय निकाय के लिए मतदान होगा क्ल सात लाख पैंसठ हजार पांच मतदाताओं मे से चार लाख नवासी हजार चार सौ तेईस मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर परिषद के लिए ई वी एम का प्रयोग किया जाएगा शेष स्थानों पर मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा राज्य च्नाव आयोग के उप सचिव हाब्ंग लमप्ंग ने बताया कि इस बार महामारी की स्थिति के कारण आयोग ने शारीरिक रुप से अक्षम और वरिष्ठ नागरिको के लिए अलग से खड़े होने का प्रबंध करने का निर्णय लिया है आयोग ने कोविड के मरीजो के लिए भी मतदान करने का प्रावधान किया है एस ओ पी के अनुसार पॉजिटिव मरीज शाम के तीन बजे के बाद मतदान कर सकेंगे मतदान सुबह सात बजे से शाम के चार बजे तक होगी

डॉ मिश्रा ने कहा कि पंचायती राज संस्थान जमीनी स्तर पर काम कर रहे है और विकास कार्यक्रमो के निर्माण तथा कार्यान्वयन में लोगो की भागीदारी और अवसर स्निश्चित करते है उन्होंने च्नाव ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों को प्री निष्ठा निष्पक्षता पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपनी भूमिका निभाने की अपील की है

एक आधिकारिक बयान के अन्सार आयोग सत्ताइस दिसम्बर तक मास्क वितरित करेगा आयोग दवारा राज्य सरकार को साठ हजार फेस मास्क की आपूर्ति किए जाने के एक महीने के बाद राज्य सरकार ने फिर से फेस मास्क की मांग की है केंद्रीय सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि नव वर्ष में आठवीं कक्षा को फिर से खोले जाने की आवश्यकता को देखते हए खादी मास्क के लिए द्रसरा खरीद आदेश सत्रह दिसंबर को जारी किया गया था अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत की पहली राज्य सरकार है जिसने अपने छात्रों के लिए खादी फेस मास्क की इतनी बड़ी मात्रा में खरीदारी की है तिरंगे रंग का फेस मास्क का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए बनाया गया है

यह एक मामला तवांग जिले से दर्ज किया गया जो असम के तेजप्र से लौटा था

वही रविवार को राज्यभर से सत्रह मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके है जिसके साथ ही स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बढ़कर सोलह हजार तीन सौ पचास हो गई है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन के विभिन्न पहल्ओं पर बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए एक श्रंखला जारी की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में विकसित टीके की स्रक्षा और प्रभावकारिता स्निश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में परीक्षण जारी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीके की स्रक्षा और प्रभावकारिता स्निश्चित किये जाने के बाद ही टीके को पेश किया जायेगा